प्रदेश के अन्य जिलों में कुछ भार्तों के साथ धार्मिक स्थलों को खोला जायेगा

केन्द्र सरकार ने मातृत्व की आयु प्रसव के दौरान मृत्यु दर कम करने और पौष्टिकता में सुधार करने जैसे मुद्दों के निरीक्षण के लिए एक कार्य दल गठित किया है

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित यह कार्यदल इन मुद्दों पर पुख्ता कानून बनाने और मौजूदा कानून में संशोधन के लिए सुझाव देगा और अपनी सिफारिशें लागू करने के लिए समयबद्ध योजना भी तैयार करेगा काबिले गौर है कि केन्द्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने बजट भाषण में महिलाओं के लिए एक कार्यदल गठित करने की घोषणा की थी हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि वे देश की कोरोना वायरस के साथ लड़ाई को कुरूक्षेत्र के युद्ध के साथ जोडकर देख रहे हैं मुख्यमंत्री आज कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के वैबीनार आत्मनिर्भर भारत कोरोना के बाद में संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का संकमण फैलने से विद्यार्थी वर्ग का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इस चुनौती को विद्यार्थियों को अवसर के रूप में देखना चाहिए और इसके हिसाब से हमें अपनी जिंदगी में बदलाव करने पड़ेंगे

कोरोना वायरस ने देश के विकास की गति को विश्राम दिया है

उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार और कारोबार को बढाने के लिए नये कदम उठाए जा रहे हैं इसके लिए सभी का ध्यान रखा जा रहा है

शिक्षा ऋण का जिक करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विद्यार्थियों ने शिक्षा के लिए ऋण लिए हैं उन्हें कोरोना वायरस की महामारी के चलते तीन महीने के ब्याज में छट दी गई है

हरियाणा के पुरातत्व संग्रहालय एवं श्रम रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने कहा है कि प्रदेश में पुरातात्विक महत्व की इमारतों एवं ऐतिहासिक स्मारकों को पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा

राज्य मंत्री आज हिसार में जहाज पुल के पास जहाज कोठी में बनाए गए क्षेत्रीय पुरातात्विक संग्रहालय का निरीक्षण कर रहे थे उन्होंने संग्रहालय में रखी गई पुरातात्विक महत्व की मूर्तियों व ऐतिहासिक वस्तुओं का अवलोकन किया और इस स्थान के सौंदर्यीकरण का कार्य तुरंत प्रभाव से शुरू करवाने के विभाग की उप निदेशक बनानी भट्टाचार्य को निर्देश दिए राज्यमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने से एक तरफ जहां आमजन को इन पुरातन इमारतों के ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानने का मौका मिलेगा और वहीं इससे रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी राज्य मंत्री ने कहा कि संग्रहालय का भव्य प्रवेश द्वार बनवाया जाएगा और इसके बाहर पुरातन वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानें बनाई जाएंगी इसके अलावा संग्रहालय के अंदर अतिथि गृह कैफेटेरिया अधिकारियों कर्मचारियों के कार्यालय तथा आगंतुकों के लिए विश्राम स्थल भी बनवाए जाएंगे

उन्होंने कहा कि लेकिन जागरण करने नमाज के लिए इकट्ठा होने और रविवार को गिरिजा घर में इकट्ठा होने पर रोक जारी रहेगी श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि गुरूग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर अन्य जगह पर शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे

मीडिया द्वारा मेवात में समुदाय के लोगों द्वारा पलायन बारे पूछे सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है अगर ऐसा है तो प्रशासन अपने स्तर पर इसका हल करेगा

केंद्रीय राज्यमंत्री ने बताया कि कल से सारे देश के अंदर राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जाएगा इसके अंतर्गत वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखा गया पत्र साथ लेकर जाएंगे और वह खुद अपने निवास स्थान पंचकूला से इसकी शुरुआत करेगे और सेनेटाइजर व मास्क आबंटित किए जाएंगे

इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढाने के लिए संशोधित अधिसुचना इग्न की वेबसाईट पर उपलब्ध है